हर वर्ष छब्बीस जून को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है पहले सुनो बच्चों और युवाओ को यह सुनाना स्वस्थ और सुरक्षित रहने में मदद करने का पहला कदम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में शराब और अन्य नशीले पदार्थो की लत छुड़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओ और व्यक्तियो को राष्ट्रीय पुरस्कारो से सम्मानित किया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि लोगो को नशे की लत छोड़नी चाहिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि नशे की लत से मुक्ति दिलाने के लिए देशभर में चार सौ एकीकृत नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे है नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियो और उनके परिवार के सदस्यों तथा समुदायों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरु की है

श्री मोदी आज मुम्बई में उन्नीस सौ पचहत्तर में एमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगो को दी जाने वाली एक श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते है उन्होंने केवल एक परिवार को बचाने के लिए देश को जेल में तबदील कर दिया और सभी बड़े नेताओ को बंद कर दिया प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और ईवीएम की कांग्रेस द्वारा आलोचना किए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की चार सौ सीटों से केवल चवालीस सीटों पर रह गए है सरकार ने तीन हजार वन धन केंद्र बनाने का प्रस्ताव किया है इसमें देशभर के जनजातीय समुदाय के तीस हजार स्व सहायता समूह शामिल होंगे जो वन उत्पादो का महत्व बताने के लिए कौशल बढ़ाने और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष चौदह अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आम्बेडकर जयंती समारोह के दौरान वन धन योजना शुरु की थी जनजातीय कार्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये समुह जिलाधीश के नेतृत्व में कार्य करेंगे और आने उत्पादो का केवल राज्यो में ही नही बल्कि राज्य के बाहर भी पचार पसार कर सकेंगे बयान में कहा गया है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा नामसाई जिला भाजपा इकाई ने महादेवपुर में सोमवार को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के चार वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमो और योजनाओ पर प्रकाश डाला गया कार्यक्रम में शरीक होते हुए जिला उपायुक्त चाऊना मैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसका परिणाम आधारित संरचना के त्वरित विकास के रुप में देखा जा सकता है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पुर्वोत्तर क्षेत्र के हर क्षेत्र में विकास और वृद्धि लाने के प्रति प्रतिबद्ध है लोअर दिबांग वैली जिले के काँरोन अंचल स्थित देनलों गाँव को रोईंग निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श गाँव के रुप में अपनाया गया है देनलो में सोमवार को ग्राम सभा के तहत पहचाने गए कार्य के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए विधायक मुतचु मिथि जिला उपायुक्त मिताली नामचूम विभागीय प्रमुखो और गाँववालो की बीच एक बैठक हुई बैठक में सरकार द्वारा जारी धनराशी की पहली किश्त को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा स्वास्थ्य और गाँव में सड़को के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया मुखयमंत्री पेमा खांडू ने कल तवांग जिले का दुसरा वीवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय जिला स्थित मुक्तो गाँव को समर्पित किया इस अवसर पर श्री खांडू ने कहा कि मुक्तो गाँव का नव उद्घाटित विद्यालय पहले राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था जिसे बाद में विवेकानन्द केंद्र को सौपा गया ताकि वे विवेकानन्द केंद्रीय विद्यालय स्थापित कर सके